निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से अड़तालीस घंटे पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है संशोधित आदर्श आचार संहिता के अन् सार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ पिच्चानबें की धारा एक सौ छब्बीस के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चुनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा

अधिसूचना जारी होने के साथ ही सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाज़ियाबाद और गौतमबुद्धनगर में कल अट्ठारह मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी

उन्होंने बताया कि राज्य में ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई तक सात चरणों में मतदान होगा और तेइस मई को मतों को गिनती होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए पच्चीस मार्च तक नामांकन दाखिल किया जा सकेंगे और उनकी जांच छब्बीस मार्च को होगी अट्ठाईस मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे

इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल छः हजार सात सौ सोलह मतदान केन्द्र और सोलह हजार पांच सौ इक्यासी मतदेय स्थल हैं

गोंडा ज़िले में मास्टर ट्रेनर्स का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम कल जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया

श्री मोदी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने नाम से पहले चौकीदार जोड़ा है श्री मोदी ने इस ट्वीट में साफतौर पर कांग्रेस अध्यमक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है जो प्रधानमंत्री का नाम लिये बिना उनकी आलोचना करते रहे हैं

उन्होंने टिवटर संदेश में कहा कि सोशल मीडिया पर खूद को चौकी दार कहना आसान है पर कोई उन यूवाओं की आवाज भी सूने जो नौकरी न मिलने के वजह से चौकीदारी करते हैं श्री यादव ने कहा कि मैं भी चौकीदार की मार्केटिंग उन किसानों का अनादर है जो रात भर जागकर अपने खेत बचाने पर मजबूर हो गये उन्होंने कहा कि देश को प्रचार मंत्री नहीं नया प्रधानमंत्री चाहिए

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस श्री मोदी को नहीं हरा सकतो इसलिए वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है बाइट मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते मोदी जी पर आरोप नहीं कर सकते इसलिए अब गाली गलोज करना यही कांग्रेस का मकसद बन गया है कितना सार्वजनिक चर्चा का स्तर गिराएगी कांग्रेस केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि परिश्रमी आम जनता के प्रति कांग्रेस के मन में कोई सम्मान नहीं है और इसलिए वह प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाने के लिए चौकीदार शब्द का उपयोग करती है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने आज राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेसवार्ता में कहा कि पार्टी मैनपुरी कन्नौज और फिरोजाबाद सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करेगी इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह और उनके पुत्र जयन्त सिंह तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर भी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी

उन्होंने अपने पिछले दौरे में सुझायी गयी बातों और दिशा निर्देशों की प्रगति के बारे में जाना आर कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में टिप्स दिये इस दौरान जन अधिकार पार्टो के साथ गठबंधन की औपचारिकता को पूरा किया गया जबकि समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अलीगढ़ के तारिक सिद्दिकी का स्वागत किया गया

अपनी तीन दिवसीय चुनावी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधो प्रयागराज से वाराणसी तक जल मार्ग से यात्रा प्रारंभ करेंगी उनकी यात्रा सुबह नौ बजे करछना के मनैया घाट से शुरू होगी इस दौरान वे छात्र प्रतिनिधियों के संग वोट पर चर्चा करेंगे वह डुमडुमा सिरसा लक्खागृह मांडा और सीतामढ़ो का भ्रमण करेंगी और लोगों से बातचीत करेंगी

वह गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला है उसके पास से एक लैपटॉप ब्रैन्डेड घड़ी पेन के साथ एक्सयूवी गाड़ी बरामद की गयी

पकड़े गये अपराधी के खिलाफ आगरा जिले के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है